प्रदर्षनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का किया आग्रह

राज्य के किसानों को मिल रहा लाभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सतत विकास में दृढ़ विश्वास रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत कुछ उन देशों में से एक है जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप चल रहा है पेरिस समझौते के अनुसार तापमान में बढ़ोत्तरी दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य तय किया गया है प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि में शामिल पक्षों के तेरहवें सीओपी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण सतत जीवनशैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पूर्व न्यायाधीशों नौकरशाहों सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी कानून के खिलाफ भ्रामक और प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है इन सभी ने केन्द्र को पत्र लिखकर प्रदर्शनों को गम्भीरता से लेने और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के ग्यारह पूर्व न्यायाधीश चौबीस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के ग्यारह पूर्व अधिकारी सोलह सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और अठारह पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरूद्ध करना अनुचित है इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कल उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के फकीरडीह एवं देवरी थानाक्षेत्र के गादीकला ग्राम में अबतक मरने वालों की संख्या पंद्रह हो गई है गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि पोस्टमार्टम के साथ साथ मामले की जाँच जारी है उन्होंने बताया कि क्छ की मौत शराब के अत्यधिक सेवन से हुई है सिविल सर्जन ने भी बताया कि प्रथम द्रष्टया मौत का कारण शराब का अत्यधिक सेवन है गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है जो भी दोषी होगें उनंपर कार्रवाई होगी अर्वैध शराब निर्माण के खिलाफ छापामारी चल रही है पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सरिया प्रखंड के अरवाटांड़ एवं नावाडीह में छापामारी के दौरान भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद की गयी है कुछ लोगों को गिरफतार भी किया गया है इधर प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी प्रकार की शराब का सेवन ना करें गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने किसानों से केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी से करने की अपील की है ताकि बरसात के पूर्व राशि उनके खाते में भेजी जा सके

इसके संकमण से अब तक एक हजार आठ सौ अड़सठ लोगों की मौत हो चुकी है विष्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने चीन के बीजिंग और सिचुआन प्रांत में जांच शुरू कर दी है

चीन से बाहर इस संक्रमण का मामुली असर है

नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को काफी नुकसान पहुंचा है इधर वुहान से भारत लाये गये चार सौ छह लोगों में से दो सौ लोगों को परीक्षण के बाद कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाये जाने पर छुट्टी दे दी गयी इन्हें नई दिल्ली स्थित आईटीबीपी के एक षिविर में रखा गया है सरकार की महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं यह योजना उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह में शुरू की गई थी इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर दो वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है छब्बीस नवंबर दो हजार सत्रह को मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे यह देखकर बहत खुश हैं कि किसान मुदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए सुझावों को लागू करने के प्रति सचेत हैं और किसानों ने माना है कि उचित उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की देखभाल करना आवश्यक है इधर रामगढ़ जिले में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है किसान मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर अच्छी फसल उगाने लगे हैं इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है

इस संबंध में गिरिडीह कोडरमा और चतरा जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ कल आयोजित बैठक में आयुक्त ने कहा कि अनियमित कर्मी जो दस साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें नियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए उन्होंने कहा कि कोई भी अर्हता पूरी करने वाला कर्मचारी इससे वंचित न रहे इस मौके पर गिरिडीह उपायुक्त और कोडरमा तथा चतरा जिले के अपर समाहर्ता ने अपने जिला से संबंधित नियमितीकरण की जानकारी दी हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल में ग्यारहवा वार्षिकोत्सव मिथिका कल प्रारंभ हुआ कॉलेज प्रबंधन समिति के सचिव डॉ प्रवीण श्रीनिवास और सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष प्रो डॉ डी नंदी ने बताया कि इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ युवाओं की संगीत से लेकर अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निखारना है उन्होंने कहा कि बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल सुकन्या स्वास्थ्य योजना चला रहा है इसके तहत अस्पताल में जन्मी छप्पन बच्चियों की अठारह साल तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा रही है

ये तीन से चार वर्षो से आउटसोसिंग पर काम कर रहे हैं